सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में

मध्यप्रदेश की आस्था मेरिट में तीसरे स्थान पर

साथ ही मनाई जाएगी परशुराम जयंती

सभी लोकसभा सीटों पर सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ था

सुरक्षा कारणों से अनंतनाग सीट पर तीन चरणों में मतदान कराया गया

गर्मी के बावजूद लोगों में मतदान के प्रति उत्साह दिखाई दिया

कांताराव मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी एल कांताराव ने बताया कि प्रदेश में मतदान के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और शाम चार बजे तक सभी सात संसदीय क्षेत्रों में लोगों के कतारों में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने की सूचनाएं हैं

पिछले चुनाव की तुलना में कम मशीनों को बदला गया है सुबह से कहीं से किसी प्रकार की हिंसक घटना की सूचना नहीं है कई स्थानों पर भीड़ लगने की सूचनाएं थीं जिसके बाद पुलिस और राजस्व अमले ने वहां पहंचकर स्थितियां संभाल लीं श्री कांताराव के मुताबिक छतरपुर टीकमगढ़ दमोह और होशंगाबाद के कई स्थानों से मतदान के बहिष्कार की खबरें मिलीं थीं जिसके बाद अधिकारियों को वहां भेज कर मतदान शुरु कराया गया पन्ना के पवई में एक जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी प्रचार देश लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के तामलुक में एक जनसभा में कहा कि भाजपा हाशिये पर रहने वालों युवाओं और महिलाओं की आवाज है उन्होंने कहा कि जैशे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना पूरे देश के लिए गर्वे की बात है वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के भिवानी में एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी किसानों की समस्याओं और भ्रष्टाचार से लडने के लिए कुछ नहीं किया उधर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के मध्बन इलाके में एक रैली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई उसे देश से अलग नहीं कर सकता बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती उत्तरप्रदेश के बस्ती और बलरामपुर जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगी

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसब्क पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

पांच सौ में से चार सौ निन्यानवें अंक प्राप्त कर तेरह विद्यार्थी शीर्ष स्थान पर रहे

इसमें मध्यप्रदेश की आस्था रघ्वंशी भी शामिल हैं लड़कियों का प्रदर्शन इस बार भी लड़को से बेहतर रहा क्षेत्रवार त्रिवेंद्रम ने निन्यानवें दशमलव आठ पांच प्रतिशत के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया उसके बाद चैन्नई और अजमेर क्षेत्र का स्थान रहा केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है बांग्लादेश आकाशवाणी बांग्लादेश के सुचना मंत्रालय के सचिव अब्दुल मलेक के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी का दौरा किया और इसके अधिकारियों के साथ दोनों देशों के लोक प्रसारकों के बीच हए समझौते को लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा की शिष्टमंडल ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे से जूडे सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया आकाशवाणी से बातचीत में अब्दुल मर्लेक ने कहा कि बांग्लादेश के लोक प्रसारक बांग्लादेश बे तार और आकाशवाणी दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से साझा संस्कृति विरासत और कला के प्रसारण के लिए सहयोग करेंगे

राजधानी भोपाल में इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर्व की बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं श्रीमती पटेल ने कहा कि भगवान परशुराम पराक्रम और सत्य के धारक थे उन्होंने समाज को संगठनात्मक शक्ति का आधार प्रदान किया उनके जीवन से हमें नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सम्मान के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा मिलती है राज्यपाल ने अक्षय तृतीया की श्भकामनाएँ देते हए नागरिकों का आव्हान किया कि इस पर्व पर कमजोर वर्ग की मदद के लिये आगे आएँ राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर आयोजित होने वाले सम्मेलन विवाह पर निगरानी रखने के लिये लाडो अभियान के तहत बाल विवाह की रोकथाम के लिये समिति का गठन किया गया है

शेष संभाग के जिलों में मौसम शृष्क रहा सागर संभाग के कुछ स्थानों पर तापमान में वृद्धि दर्ज की गई वहीं रीवा उज्जैन और शहडोल संभागों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई

इनमें से एक कोटवार और द्रसरा होमगार्ड है चुनाव आयोग ने दोनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है